चिकित्सा मंत्री ने विषानसभा में आश्वासन दिया कि प्रदेश में कोविड का प्रणाव कम होते क्षी जनता क्लिनिक खोले जायेंगे प्रदेश में सर्दी का असर शीरे शीरे कम होता जा रहा है

आप भी हमारे साथ सुरक्षा और वचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहलें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाय और मुंह साफ रखें

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पृण्यतिथि पर भाजपा सांसदों को संवोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बनियादी ढांचे के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन नागरिकों का जीवन आसान बनायेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत का कद र्तेजी से बढ़ रहा है और हर भारतीय को इस पर गर्व होगा श्री मोदी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श अब भी प्रासंगिक है और वे हम सभी के लिए प्रेरणाम्रोत हैं

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश प्रनिया ने कहा कि गांव और गरीब के विकास और उसे मुख्य धारा में लाने के लिये पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ने अन्तयोदय के विचार की प्ररेणा दी राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलावचन्द कटारिया उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ सहित भाजपा विधायकों ने पण्डित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया समर्पण दिवस के मौके पर प्रदेशभर के सभी भाजपा मुख्यालयों में पुष्पांजलि और माल्यार्पण कर पंडित दीनदयाल का स्मरण किया गया केन्द्र सरकार देश के पहले खिलौना मेले का आयोजन करेगी

इस मौके पर पहला टीका जन स्वास्थ्य निदेशक डॉ के के शर्मा ने लगवाया

चयनित संदेशों को आगामी क्लेटिनों में शामिल किया जाएगा

तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री सुभाष गर्म ने आज विधानसभा में बताया कि पॅलिटेक्निक डिप्लोमा वाले युवाओं को कनिष्ठ अभियंता भर्ती में प्राथमिकता देने के लिये उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया है

कोटा जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता पर गोली चलाने की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आज विधानसभा में हंगामा किया

इस कारण सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी बाद में स्पीकर ने आश्वासन दिया कि विपक्ष की भावनाओं से सदन के नेता को अवगत कराया जाएगा स्पीकर के आश्वासन के बाद विपक्ष के सदस्य अपनी सीटों पर लौट गए

भरतपुर के सेवर सेंट्रल जेल परिसर में जल्दी ही पेट्रोल पंप खुलने जा रहा है इस पेट्रोल पंप पर जेल के कैदी काम करेंगे और उसके बदले उनको वेतन भी भी दिया जायेगा इसके लिये इंडियन आयल कार्पोरेशन के साथ करार किया गया है प्रदेश में आज मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने मंदिरों में दर्शन किये और दान पृण्य किया श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान किया सवाई माधोपूर जिले के रामेश्वर धाम स्थित त्रिवेणी संगम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्या की डुवकी लगाई और चतुर्भुज नाथ भगवान के दर्शन किए

जहां एक गंभीर घायल ने दम तोड़ दिया